देशभर में शिक्षक कैडर में सात हजार से अधिक खाली पदों पर सीधी भर्ती की जाये गी चकवाती तूफान वायु आज दोपहर में गुजरात के तटीय इलाकों से टकरायेगा सुरक्षा के किये गये है पूरे इंतजाम

यह इसी मुद्दे पर पहले जारी द्सरे अध्यादेश का स्थान लेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में बताया कि ये विधेयक मुस्लिम महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार देगा और उन्हें मजबूत बनाएगा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

इसमें मुस्लिम महिलाओं और उन पर आश्रित बच्चों को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान किया गया है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

विधेयक के प्रावधानों के अनुसार शिक्षक केडर में सात हजार से अधिक खाली पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी

यह विधेयक भी संसद के आगामी सत्र में पेश किया जायेगा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

अर्जुन मुंडा नई दिल्ली में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी छात्रवृत्ति पोर्टल और एनजीओ अनुदान पोर्टल लॉन्च करने के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे

चकवाती तूफान वायु आज दोपहर में गुजरात के तटीय इलाकों से टकरायेगा

तटवर्ती क्षेत्रों में बस रेल और विमान सेवा रद्द है

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य एजेंसियां हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही हैं इधर केंद्र सरकार गुजरात और देश के अन्य भागों में चक्रवाती तूफान वायु के कारण उत्पन्न स्थिति पर गहरी नजर रखे हुए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ट्वीट संदेशों में कहा है कि वे राज्य सरकारो के ॅसम्पर्क में हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सरकार और स्थानीय एजेंसियों द्वारा दी जा रही सूचनाओं पर अमल करने का आग्रह किया प्रदेश में कल दूसरे दिन भी कई स्थानों पर तेज आंधी के बाद हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई बारिश के बाद इन जगहों पर अधिकतम तापमान में आठ से दस डिग्री की गिरावट आई जिसके बाद लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली जालौर डू गरपुर बांसवाडा राजसमंद सवाईमाघोपुर बाडमेर और झालावाड से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि यहां भी बारिश के बाद लोगों ने तेज तपन से राहत पाई राजसमंद में आज सुबह तक बारिश जारी रही जिसने तेज गर्मी से लोगों को निजात दिलाई चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघू शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए संकल्पंबद्ध है और इसके लिये चिकित्सा संस्थानों के कायाकल्प का हरसंभव प्रयास करेगी

कार्यशाला में चिकित्सा मंत्री ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत झूझन् जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इस्लामपूर को श्रेष्ठ कार्य के लिए पूरस्कार दिया

कोटा के भाविक बंसल ने पहली रैंक हांसिल की है वहीं विश्व हितेन्द्र वडोदरिया ने दूसरी रैंक चेतन भित्तल ने चौथी और हर्ष अग्रवाल ने पांचवी रैंक हांसिल की है

गौरतलब है कि अलवर भीलवाडा भरतपुर चूरू धौलपुर हनुमानगढ जयपुर करौली और श्रीगंगानगर में दस जून को मतदान हुआ था और परिणाम कल जारी हुए थे

भारत ने अपने पहले दो मुकाबलों में दक्षिण अफीका और ऑस्ट्रेलिया को हराया है वहीं न्यूजीलैण्ड ने श्रीलंका बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हुए अपने तीनों मैच जीते है